एक लाख से अधिक महिलाओं का हुआ टीकाकरण

और जेईई मेन का परिणाम जारी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसमें एक लाख सैंतालीस हजार चार सौ इकसठ लाभार्थियों को टीके की पहली डोज जबकि पच्चीस हजार छह सौ छिहत्तर लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गयी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल चलाये गये विशेष अभियान के तहत एक लाख दो सौ नौ महिला लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से साठ वर्ष से ऊपर की पचासी हजार छह सौ बावन महिलाएं हैं जबकि पैंतालीस वर्ष से ऊपर की बीमार महिलाओं की संख्या चौदह हजार पांच सौ सतावन है राज्य में अब तक दस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ अड़तीस लाभार्थियों को टीके दिये जा चूके हैं एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है

वर्तमान में दो सौ नवासी मरीजों का इलाज चल रहा है पांच जिले अरवल जहानाबाद कैमूर पूर्णिया और शिवहर में कोरोना का अभी एक भी सक्रिय मामला नहीं है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव तीन प्रतिशत हो गयी है कल तैंतालीस मरीजों को उपचार की बाद छूट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार नौ सौ बयालीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक मरीज की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ सैंतालीस हो गयी है कल छह जिलों से इक्कीस नये मामले भी सामने आये हैं सबसे अधिक पटना से सोलह पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर देश असंभव लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठायेगा श्री मोदी आजादी के पचहत्तर साल मनाने की तैयारियों के तौर तरीकों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का उत्सव ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना शहीदों को श्रद्धांजलि और भारत निर्माण की प्रतिज्ञा का अनुभव किया जा सके

श्री मोदी ने बताया कि पचहत्तर साल के जश्न के लिए पांच स्तंभ तय किए गए हैं ये स्तंभ हैं स्वतंत्रता संग्राम विचार उपलब्धियां कार्य और समाधान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन पचहत्तर वर्षों की हमारी उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर होगा और अगले पच्चीस वर्षो के संकल्प के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करेगा श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी के पचहत्तर साल के अवसर को भव्यता और उत्साह के साथ मनाएगा जिसमें हर देशवासी की भूमिका होगी

हम सब इसके स्वागत में खड़े हैं ये वर्ष जितना ऐतिहासिक है जितना गौरवशालीहै देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है देश इसे उतनी ही भव्यताऔर उत्साह के साथ मनाएगा ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने देशने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है श्री मोदी ने बैठक के दौरान समिति के सदस्यों से मिले नए और विभिन्न विचारों की सराहना की गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेत् के समानान्तर नये पूल का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होने की संभावना है केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में भाजपा के सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि नये पुल के निर्माण के लिए दो हजार नौ सौ छब्बीस करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है श्री गडकरी ने कहा कि पुल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत किया जायेगा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रदेश में एथनॉल उत्पादन की बीस इकाइयां लगाने के प्रस्ताव आये हैं सरकार निवेशकों के प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला करेगी विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री हुसैन ने कहा कि राज्य में अभी बारह करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हो रहा है जिसे बढ़ाकर पचास करोड़ लीटर करने का लक्ष्य है उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय बिहार में एथनॉल उत्पादन के लिए तीस हजार करोड़ रूपये का निवेश करेगा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने शौचालयों की बकाया राशि का भुगतान इकतीस मार्च तक कर दिया जायेगा विधानसभा में विभाग की बजट मांग पर हुई चर्चा के जवाब में श्री कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन भी जल्द शुरू होगा रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइनों को एक ही हेल्पलाइन नंबर वन थ्री नाईन में बदल दिया है जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और प्रछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन होगी रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हेल्पलाइन वन थ्री नाईन यात्रियों के लिए बारह भाषाओं में उपलब्ध होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन का परिणाम जारी कर दिया है परिणमों में छह परीक्षार्थियों ने हंड्रेड परसेंटाइल हासिल किये है इनमें शिवहर के साकेत झा भी शामिल हैं वे जिले के चिरैया बराही के रहने वाले हैं हालांकि साकेत ने परीक्षा के लिए राजस्थान से फार्म भरा था परीक्षा में बिहार से अनमोल कुमार स्टेट टॉपर बने हैं उन्हें निन्यानवे दशमलव नौ आठ परसेंटाइल मिला है मैट्रिक की कल हुई सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में तीन अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे चार फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है इधर सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के तीन परीक्षा केन्द्रों पर आज अंग्रेजी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश भर के मौसम के रूख में तेजी से बदलाव जारी है प्रबा हवा के प्रभाव से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ी है मौसम विभाग के अनुसार नमी बढ़ने के कारण अगले दो से तीन दिनों में काल वैशाखी का प्रभाव देखा जा सकता है इस दौरान प्रदेश भर में आंधी के साथ तेज बारिश की स्थितियां बनने की आशंका है वैशाली जिले की एक पाक्सो अदालत ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके साथी रितेश रंजन को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषियों पर अलग अलग एक लाख इक्यावन हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है यह राशि पीड़िता को दी जायेगी साथ ही अदालत ने सरकार को भी पीड़िता को दस लाख रूपये देने का आदेश दिया है वहीं पटना की एक अदालत ने एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में एक यूवक को बीस साल कठोर कारावास और पचास हजार रूपये जूर्माने की सजा सुनायी है अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी सजा मानी जा रही है औरंगाबाद के चतरा मोड़ के पास पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से दस क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है बरामद गांजे का बाजार मूल्य पचास लाख रूपये बताया जाता है एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि गांजा को कोयला लदे ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था मौके से तीन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है पटना स्थित आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर में पिछले दिनों हुई छापेमारी के दौरान अनियमितता बरतने और कारागार से मोबाईल फोन समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद होने के मामले में जेल उपाधीक्षक संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकटवा स्कूल के पास सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर से कार के टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ इधर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत निश्चितपुर गांव में एक डम्पर की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन सगी बहनों की मौत हो गयी इस हादसे में मोटरसाईकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के पोखरिया में देर शाम सीवरेज निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया दरभंगा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर मुहल्ले में अपराधियों की गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने एक अपराधी की पकड़कर पिटाई कर दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया भोजपुर जिले के फुहां के सोन नदी घाट पर बालू माफिया के दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है राज्य के स्कूलों में दाखिला अभियान शुरू दैनिक जागरण की सुर्खी है खगड़िया में स्कूल की बाउंड्री ढही छह मरे दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है आरक्षण की पचास प्रतिशत सीमा पर फिर विचार की जरूरत राज्य जवाब दें प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है केन्द्रीय स्कीम में खामी होने पर बिहार ने बनायी अपनी फसल सहायता योजना आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

एक लाख से अधिक महिलाओं का हुआ टीकाकरण

और जेईई मेन का परिणाम जारी